मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कल पेट्रोल डीजल पर चार प्रतिशत वैट कम करने की घोषणा की

इससे पेट्रोल डीजल के दामों में करीब ढाई रूपये प्रति लीटर की कमी हो गई है

श्रीमती राजे ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने से पड़ने वाले करीब दो हजार करोड़ के वित्तीय भार को राज्य सरकार वहन करेगी इधर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए जो वैट कम किया है वह नाकाफी है उन्होंने कहा कि रसोई पर बढ़ते महंगाई के दबाव के मद्देनजर बिना किसी देरी के गैस सिलेण्डर पर भी राहत दी जानी चाहिए पैट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढोतरी के खिलाफ कांग्रेस और विभिन्न संगठनों की ओर से आज भारत बंद रखा गया है दोपहर तीन बजे तक बंद आयोजित किया गया है बंद शांतिपूर्वक चल रहा है इस दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नही है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि सभी जिला ब्लॉक और वार्ड स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता संगठनों ट्रेड यूनियनों समाजसेवी संस्थानों प्रबुद्ध नागरिकों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से बंद को सफल बनायेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अगले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती दिखाई नहीं देती उन्होंने विपक्षी दलों के गठजोड़ के प्रयासों को अपनी सरकार की लोकप्रियता और अपनी पार्टी की बड़ी सफलता का सबूत बताया नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कुर्सी पर बैठने का माध्यम नहीं बल्कि लोगों के कल्याण के लिए काम करने का माध्यम है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्दांजलि अर्पित की और अजेय भारत अटल भाजपा का नया नारा दिया केंद्र सरकार ने कहा है कि बच्चों में कैंसर का उपचार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया जाएगा नीति आयोग के सदस्य ने आकाशवाणी को बताया कि इसके लिए दरें भी तय कर दी गई है उन्होंने बताया कि इस योजना से गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा प्रदेश के सभी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर आज से पोषण मेले आयोजित किए जा रहे है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत लगने वाले इन मेलों में बच्चों किशोरियों गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को पोषण संबंधी जानकारी दी जा रही है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने विभिन्न संस्थानों सहित जनप्रतिनिधियों से पोषण अभियान में व्यापक सहयोग की अपील की है जोधपुर संभाग के विश्वविद्यालयों और संघठक महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के लिये मतदान जारी है सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हुआ दोपहर एक बजे तक वोट डाले जा सकेंगे जोधपुर संभाग सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मतगणना कल एक साथ होगी राज्य की पीसीपीएनडीटी टीम ने कल जोधपुर में अवैध अपंजीकृत पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से भ्रुण लिंग की जांच करते डॉ इम्तियाज अली को चौथी बार गिरफ्तार किया साथ ही संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन को भी गिरफ्तार कर सोनोग्राफी मशीन जब्त की

बारिश के कारण धौलपुर में चम्बल नदी खतरे के निशान से चार मीटर ऊपर बह रही है जिला प्रशासन आस पास के गांवों पर नजर रखे हुए है नदी के किनारे बसे गांवों में हाईअलर्ट जारी किया गया है करौली में कोटा बेराज से चम्बल में पानी छोडे जाने के कारण मंडरायल के पास बसे एक दर्जन गांव पानी से धिर गये है

विभिन्न जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी है टोंक में हो रही लगातार बरसात के कारण बीसलपुर बांध का जलस्तर भी बढ़ा है